आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि विविध सुझाव और विचारों ने कार्यक्रम को और समृद्ध किया है

ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल कुल्लु जिले के बंजार में जनसभा को संबोधित करते हुए दी इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं की आघारशिला रखी उन्होंने शेरोपा में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्राकृतिक अध्ययन केन्द्र की आधारशिला रखी

इस अवसर पर वन एवं परिवहन मंत्री गोबिन्द ठाकुर सांसद रामस्वरूप शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज कुल्लु में सम्पर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत कुल्लु के प्रबूधजनों से मुलाकात करेंगे इस अभियान के लिए कुल्लु भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है ऊना में चल रहे ऐतिहासिक पिपलू मेले के दूसरे दिन कल सांसद अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे उन्होंने लोगों को मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये मेला सदियों से लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक मिलन के तौर पर मनाया जा रहा है

बिहार विधानसभा की याचिका समिति ने कल शिमला स्थित विधानसभा की कार्यप्रणाली की जानकारी ली समिति ने विधानसभा सचिव सुंदर सिंह वर्मा के साथ एक बैठक की रामानन्द यादव की अध्यक्षता में अध्ययन प्रवास पर आई समिति ने सदन का अवलोकन भी किया और ई विधान प्रणाली की जानकारी भी ली

ये सभी लोग शादी समारोह में हिस्सा लेकर लौट रहे थे

एसडीएम कांगड़ा शशिपाल नेगी ने बताया कि अगली तारीख बाद में निश्चित की जाएगी प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जमा दो कक्षा के जिन जिन परीक्षार्थियों की पूर्नमूल्याकन के बाद कम्पार्टमैंट आई है और जून में ली गई अनूप्रक परीक्षा नहीं दे पाए है वे अब दो जुलाई को परीक्षा दे सकते है बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये परीक्षा सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित परीक्षा केंद्रों में होगी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी रेल मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से लिखता है शिमला रेलवे स्टेशन को पर्यटन की दृष्टि से संवारा जायेगा

दैनिक जागरण के शब्द हैं टॉय ट्रेन का सफर कर मंत्री बोले स्पीड बढ़ाओ जबकि आपका फैसला का कहना है पर्यटन की दृष्टि से हैरिटेज रेलवे स्टेशन शिमला को संवारा जायेगा

हाई कोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है जनजातीय क्षेत्रों में मोबाईल कनैक्टिवीटी की स्थिति की रिपोर्ट दे बीएसएनएल अब डिप्टी डॉयरेक्टर करेंगे तबादले शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है जेबीटी टीजीटी कैटेगरी में खुद फैसला लेंगे उपनिदेशक अजीत समाचार के अनुसार वीरभद्र सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव न ही लेंगे रिटार्यमैंट दैनिक सवेरा टाईम्स के शब्द हैं वीरमद्र का एलान चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़वायेंगे

अखबार की एक अन्य खबर है एशिया के इकलौते केंद्र में मोनाल का सफल प्रजनन चंबा में मूंकप के हल्के झटके से जुड़ी खबर भी लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिये हुए है हवाई अड्डों पर मिलेगी कांगड़ा चाय और कुल्लु शॉल शीर्षक से पंजाब केसरी का कहना है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नीति बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय जीवन से न हारे में लिखता है कि जीवन में चुनौतियों व परेशानियों से हार न माने बल्कि उनका सामना करना हर व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए